मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर शिमला में आयोजित किए जाने वाले समारोह के संबंध में अधिकारियों के साथ आज शिमला में एक बैठक की उन्होंने अधिकारियों को समारोह के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि समारोह के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों कार्यक्रमों और उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए सूचना व जनसम्पर्क विभाग को प्रभावी मीडिया प्लान तैयार करने को कहा जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रचार सामग्री तैयार करने के अलावा सरकार की प्रमुख योजनाओं और उपलब्धियों पर डॉक्यूमेंटरी भी बनाई जानी चाहिए वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री यीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि राज्य सरकार ने नई पंचायतों का गठन कर लिया है और पंचायत चुनाव में अधिनियम के मुताबिक रोस्टर तय होगा ऊना जिले की मोमनियार पंचायत में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि रोस्टर बनाने में विभाग प्ररी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है और इसे जल्द जारी किया जाएगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए तैयार है और चुनाव आयोग के आदेश का इंतजार है यीरेन्द्र कंवर ने क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यो का जायज़ा लिया और इन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लोगों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए तीन नए भंडारण टैंकों का निर्माण किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि इस इंडोर खेल स्टेडियम में बैडमिंटन टैनिस वॉलीबॉल बास्केटबॉल कबड़डी और जिमनास्टिक के साथ साथ जिम हॉल का निर्माण भी किया जाएगा राकेश पठानिया ने कहा कि इसके अलावा व्यवसायिक परिसर बनाया जाएगा और पार्किंग स्विधा भी विकसित की जाएगी गोविंद ठाकर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी से स्कूलों व कॉलेजों में विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न होने और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द उचित निर्णय लेगी कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद उन्होंने आज शिमला में यीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और लम्बित कार्यों का निपटारा किया उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष मिडल मैरिट मेधावी छात्रवृति योजना के लिए इस वर्ष परीक्षा नहीं ली जाएगी बल्कि चौथी व पांचवीं कक्षा की मैरिट के आधार पर ही छात्रवृति प्रदान की जाएगी

निधन पूर्व भाजपा विधायक चन्द्र सेन ठाकुर का कल शाम उनके पैतृक निवास स्थान दशाल गाँव में निधन हो गया तीन दिन पहले उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और ये घर पर ही आइसोलेट थे

उनके निधन पर कुल्लू जिला के भाजपा नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंद्र सेन ठाकुर के असामायिक निधन पर गहरा दुख जताते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व शांता कुमार और भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित अन्य नेताओं ने भी चंद्र सेन ठाकुर के निधन पर शोक जताया है